भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश बदरीनाथ बागेश्वर और हल्द्वानी में विसर्जित की जाएंगी पूरे प्रदेश में संस्कृत सप्ताह उत्साह के साथ मनाया जा रहा है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिऐ राज्य सरकार कृ त संकल्प

प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों में जाकर उद्यमियों को निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं इसी क्रम में आज वन और आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने हैदराबाद के तेलंगाना में एक रोड़ शो कर उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए मौजूद बेहतर माहौल की जानकारी दी रोड शो में तेलंगाना के निवेशकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया निवेशकों को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है उन्होंने कहा कि निवेशक सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार निवेशकों को एक मंच उपलब्ध कराना चाहती है जहां उत्तराखण्ड में निवेश के लिए मौजूद संभावनाओं और वहां व्यवसाय करने की सहजता को समझा जा सकें इस दौरान श्री रावत ने निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए मौजूद विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी

उन्होंने कहा कि राज्य का प्रमुख औद्योगिकी और तकनीकी केंद्रों से बेहतर संपर्क है और यह हवाई और सड़क मार्गों के जरिये देहरादून से जुड़े हैं

मुख्य संचिव ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों को जल्द ही केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जोड़ा जायेगा और यह राज्य बाजार में निवेशकों को अधिक सुलभता प्रदान करेंगे अस्थि कलश अजय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां देवभूमि उत्तराखंड में चार स्थानों ऋषिकेश बदरीनाथ बागेश्वर और हल्द्वानी में विसर्जित की जाएंगी दिल्ली से उनका अस्थि कलश कल देर शाम देहरादून लाया गया भाजपा प्रदेश कार्यालय में अटल जी की अस्थियों को रखा गया है पार्टी कार्यालय में अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि शुक्रवार को अस्थि कलश विसर्जन के लिए मंत्रियों विधायकों और भाजपा नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर प्रदेश के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर श्रद्वांजलि अर्पित की और उन्होंने लोगों से अटल जी के आदर्शों पर चलने का आहवान किया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अटलजी को याद कर अपने अनुभवों को साझा किया और उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की जन औषधि देश में हर वर्ग के व्यक्ति को कम कीमतों पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की गई है योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिसमें लोगों को कल कीमतों पर दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं नैनीताल जिले के रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है इसकी सहायता से लोगों को कम कीमतों पर दवाईया मिल रही हैं रामनगर के गोविन्द बल्लभ बिष्ट भी बीमारी के कारण दवाईयों का नियमित सेवन करते हैं पहले उन्हें इन दवाईयों के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी लेकिन अब वो बाजार से नहीं बल्कि रामनगर के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही दवाईयां लेते है

अस्पताल में कार्यरत ममता सती बताती हैं कि जन औषधि केंद्र में लोगों को कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध कराई जाती हैं

गौरतलब है कि इस योजना के जरिए लोगों को न सिर्फ कम कीमतों पर गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध हो रही है बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों को अब दवाइयों के लिए बड़े शहरों का रुख भी नहीं करना पड़ रहा है

इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने संस्कृत भाषा में एक शुभकामना संदेश प्रसारित किया है उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिऐ राज्य सरकार कृत संकल्प है

उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला संगीत और साहित्य आदि की आधारभूत भाषा है शिक्षा मंत्री ने संस्कृत भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए सभी शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत सप्ताह आयोजित करने की अपील कि है उन्होंने प्रदेशवासियों का आहवान किया है कि सभी लोग संस्कृत भाषा का अपने जीवन में इस्तेमाल करें और उसे व्यवहारिक भाषा बनाएं मौसम अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है

विभाग का कहना है कि इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस बीच आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सुबह से रूक रूककर हल्की बारिश होती रही उधर ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्रपाल और लामबगड़ के पास अवरूद्व होने की सूचना मिली है जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं वहीं पिछले लंबे समय से बंद पड़ा यमुनोत्री हाईवे खोल दिया गया है और इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है निरीक्षण बागेश्वर जिले के कपकोट में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित गांवों का केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने निरीक्षण किया पीड़ितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ितों की सूची बनाने के निर्देश दिए केंद्रीय राज्य मंत्री ने लीमा रतमटा और बमसेरा गांवों में स्थिति का जायजा लिया उन्होंने कुणि ग्याणि गधेरे से गांवों को हो रहे खतरे का भी निरीक्षण किया उन्होंने नगर मंडल के कार्यकर्ताओं से राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने हर विकास खण्ड के कम से कम दो स्कूलों में जल्द ई लर्निंग क्लॉस शुरू करवाने को कहा जिलाधिकारी ने स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिए संक्षिप्त समाचार केरल में आई बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए लोगों के लिए प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने राहत सामग्री भेजी है देहरादून र्से आज उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत सामग्री से लदे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

बीमार लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाए देने के लिए डॉक्टरों की टीम ने गांव में शिविर लगाया है डॉक्टरों ने गांव वालों को सलाह दी है कि वे बासी खाना न खांए और पानी को उबालकर ही पीयें मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार लेखक और राज्यसभा के पूर्व सांसद कुलदीप नैयर के निधन पर शोक व्यक्त किया है